कांग्रेस छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश और राजस्थान में सरकार बनाने को तैयार है तेलंगाना राष्ट्र समिति ने तेलंगाना में सत्ता में वापसी की है जबकि मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है नब्बे सदस्यों की छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी परिणाम प्राप्त हो गए है कांग्रेस ने अड़सठ सीटे जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के खाते में पंद्रह सीटें आई हैं बहुजन समाज पार्टी को दो सीटों पर कामयाबी मिली है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी को पांच सीटें मिली हैं दो सौ सदस्यों की राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस निन्यानवें सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रुप में उभरी है जबकि भारतीय जनता पार्टी को तिहत्तर सीटें मिली है बहुमत समाज पार्टी ने छह सीटें और राष्ट्रीय लोकदल ने एक सीट जीती है तेरह सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं अन्य की झोंली में सात सीटें गई हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण रामगढ़ सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था मध्य प्रदेश में दो सौ तीस सीटों में से दो सौ उनतीस के नतीजे मिल गए हैं भाजपा को एक सौ आठ सीटें मिली हैं जबकि कांग्रेस ने एक सौ चौदह सीटें जीती है और एक सीट पर आगे है बहुजन समाज पार्टी को दो सीटों पर कामयाबी मिली है समाजवादी पार्टी ने एक सीट जीती हैं चार सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है एक सौ उन्नीस सदस्यों की राज्य विधानसभा में पार्टी को अटठासी सीटों पर जीत हासिल हुई है कांग्रेस ने उन्नीस और ए आई एम आई एम को सात सीटें मिली हैं भाजपा ने एक और तेलुगु देशम पार्टी ने दो सीटें जीती हैं मिजोरम में सभी चालीस सीटों के चूनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं मिजो नेशनल फ्रंट ने छब्बीस सीटें जीती हैं और उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया हैं कांग्रेस ने पांच और भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट जीती है आठ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चूनाव में जीत के लिए कांग्रेस को बधाई दी है श्री मोदी ने तेलंगाना में जबर्दस्त जीत के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव और मिजोरम में प्रभावशाली विजय के लिए मिजो नेशनल फ्रंट को भी बधाई दी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विनम्रता के साथ जनादेश स्वीकार करती है पूर्वमुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता नाबम तुकी ने भी राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में जबरदस्त जीत के लिए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को बधाई दी है डोनर सचिव नवीन वर्मा ने कल ईटानगर के सी एस सम्मेलन हॉल सिविल सेक्रेटेरियत में वीडियों कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य में एन एल सी पी आर और एन ई एस आई डी एस के अंतर्गत चल रहे तथा पूर्ण परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया डोनर सचिव के साथ वीडियों कॉन्फ्रेस में राज्य के मुख्य सचिव सत्य गोपाल ने सभी मुख्य अभियंताओं को एन एल सी पी आर और एन ई एस आई डी एस के अंदर सभी चल रहे तथा पूर्ण परियोजनाओं की प्रासंगिक दस्तावेजों को नियमित तौर पर सौंपने का निर्देश दिया मुख्य सचिव ने त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य आदेश की प्रति परियोजना समापन रिपोर्ट एस ओ आर आदि जैसे सभी प्रासंगिक दस्तावेज को समय पर सौंपने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि मंत्रालय में इन सभी दस्तावेजो की आवश्यकता है और कार्यकारिणी विभाग द्वारा सौंपे रिपोर्ट के आधार पर ही एन एल सी पी आर और एन ई एस आई डी एस के तहत दूसरी या तीसरी किश्त जारी होगी

गौहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर स्थायी बैंच शीतकालीन छुटटी के कारण आगामी चौबीस दिसंबर से दो जनवरी दो हजार उन्नीस तक बंद रहेगा हालांकि कार्यालय सत्ताईस अटठाईस और उनतीस दिसंबर को खुला रहेगा और आमतौर पर कार्य चलता रहेगा